प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नये अवसर उत्पन्न करेगी प्रधानमंत्री कल वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आईआईटी ग्वाहाटी के दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि य्वाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है स्ट्रडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसीलेपनरी बनाया गया सब्जेक्ट की फलैक्सीबिलिटी दी गई है मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट के अवसर दिये गये है और सबसे अहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टैक्नोलॉजी से जोड़ेगी टैक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीगल पार्ट बनाएगी यानी स्ट्रडेंट्स टैक्नालॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टैक्नोलॉजी के जरिये भी पढ़ेगे एज़करान में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का इस्तेमाल हो ऑनलाइन लर्निंग बढ़े राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिये गये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्राव्यान किये गये हैं इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है रिसर्च कोलैबरेशन और स्टूडेंट्स एसेस प्रोग्राम को भी प्रमोट किया जाएगा फौरन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेन्ट्स जो क्रेडिट एक्वॉयर करेंगे वो भी अब देश के इंस्टीट्यूशन में कारंट हो सकेंगे इतना ही नहीं नेरानल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्लोबल एजुकेशन डेस्टीनेशन के तौर पर भी इस्टेब्लिस करेगी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्ष कृषि से संबंधित विधेयकों के बारे में खुल्लमखुल्ला दुष्प्रचार करके देश के किसानों को गुमराह कर रहा है कल लोकसभा में उन्होंने फिर कहा कि इन विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य या किसानों की उपज की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पडेगा श्री तोमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रबी की छह फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई मौसम से पहले ही किए जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उनकी उपज की खरीद करने को वचनबद्व है क्रषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के हिस्से के रूप में किसानों को करीब सात लाख करोड रूपये का भूगतान किया है कृषि मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य में बढोतरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी विश्व के लिये एक उदाहरण बनेगी

उन्होंने कहा कि प्रयास होगा कि इसे सर्वोत्तम डेडीकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाये उन्होंने कहा कि आने वाला समय ओटीटी प्लेटफार्म और मीडिया स्क्रीनिंग का है मुख्यमंत्री कल प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर लखनऊ में सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियों से मुखातिब थे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति सभ्यता और समृद्व परम्परा का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे जहां यह फिल्म सिटी विकसित करने का विचार है वह भारत के ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास से संबद्ध है और यह हस्तिनाप्र का क्षेत्र है यह फिल्म सिटी सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी

फिल्म सिटी विकास से संबंधित इस बैठक में सिनेमा जगत के अनुपम खेर परेश रावल उदित नारायण नितिन देसाई कैलाश खेर अनुप जलोटा अशोक पंडित सतीश कौशिक राजू श्रीवास्तव सहित अनेक दिग्गज मौजूद थे कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रस्तावित फिल्म सिटी के बारे में अपने अपने विचार रखें

उन्होंने कानपुर नगर और लखनऊ जनपद में कांटेक्ट ट्रेसिंग में वृद्धि करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जनपदों में संक्रमण को नियंत्रित करते हुए रिकवरी दर को बेहतर किया जाये

उन्होंने कहा कि हर जनपद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेन्टर को पूरी सक्रियता से कार्यशील रखा जाये

बैठक के दौरान इन सात राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महराजगंज सिद्वार्थनगर सहित कई जिलों में बीती रात से हल्की से सामान्य वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से भारी वर्षा होने की सम्भावना जताई है वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को खरीफ फसल के लिए लाभदायी बताया है